गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य सभा में इस संबंध में एक संकल्प पेश किया जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है

अब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से ॅ जानी जायेगी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लददाख को इससे अलग कर दिया गया है सतर्कता केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर लिये गये फैसले को देखते हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर हरंसमव अंकृश लगाया जाये देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने को कहा गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का डेढ वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में उमरा है स्थानीय विधायक पवन नैय्यर ने विभिन्न परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आमार जताया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

इस योजना में पंजीकृत होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपए तक के मृफ्त ईलाज की सूविधा का प्रावधान है ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि वंचित वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना कारगर सिद्ध हो रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर हिम केयर योजना शुरू की है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में आज जनसमस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मसैरना डकरैत पुनर सड़क के विस्तार व सुधारीकरण के लिए तीन करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और ये कार्य जल्द शुरू किया जाएगा परमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में सड़कों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सम्पूर्ण हिमाचल के संतुलित विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए वचनबद्ध है सोलन में परमार जयंती पर सिरमौर कल्याण मंच के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गांव गांव तक विकास पहंचाने के लिए दूरदर्शी सोच रखने के कारण ही डॉक्टर परमार को डॉक्टर परमार को हिमाचल निर्माता कहा जाता है बिंदल ने डॉक्टर परमार को कार्यो को सभी तक पहुंचाने के लिए सिरमौर कल्याण मंच को बधाई भी दी मेंट प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने राजभवन शिमला में आज राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मेंट की उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में कानून व्यवस्था की जानकारी दी उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है जिसमें नशे के विरूद्व अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है जल शक्ति भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जल संरक्षण का संदेश देने के लिए आज रिकांगपिओ में जल शक्ति अभियान चलाया वाहिनी के कमांडेंट अर्जुन सिंह नेगी ने अभियान का शुभारंभ किया इस दौरान स्थानीय केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने पुलिस बल के जवानों के साथ रिकांगपिओॅ में रैली निकाल कर लोगों को जल संरक्षण के फायदों से अवगत करवाया समिति विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सरकारी विभागों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है मंडी में आज एक बैठक में समिति की सभापति आशा कुमारी ने विमागों से सरकारी पैसे का सद्पयोग करने को कहा उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याण के लिए जो घन देती है उसका समय पर पात्र लोगों को लाम भिलना चाहिए इस अवसर पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने समिति के निर्देशों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया